प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कम्पनी के दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिक लिखे जाने से कोई व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो जाता

श्री मोदी ने टवीट कर कहा देश के महान सपूत और वीर योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन उनकी जीवन गाथा साहस शौर्य स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक है जिससे देशवासियों को सदा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी उन्होंने श्री गोखले को श्रद्धांजलि देते हुए कहा महान गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि वह अध्ययन और समाज सुधार के प्रति अपनी लगन के लिए विख्यात थे वह समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों के सशक्तीकरण के संघर्ष के समर्थन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खडे रहें

साथ ही पुलिस ने इस मामले से संबंधित वीडियो वायरल करने के मामले में एक अन्य व्यक्ति को गिरफतार किया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक सर्तकता गोविन्द गुप्ता भी आज अलवर पहुंचे जबकि जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर अलवर में कैंप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्षन किया इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जयपुर में हए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर्मेत अन्य भाजपा के नेता मौजुद रहे

इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है दूसरी ओर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रषेखर ने कल जयपुर बंद का आहवान किया है

इस दौरान शैक्षिक सह षैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्षन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत गया गया साथ ही विद्यालयों में सहयोग देने वाले स्थानीय भामाषाहों और पूर्व छात्रों का भी सम्मान किया गया बाल सभाओं में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले षिक्षकों विद्यालय संचालन करने वाले और भौतिक विकास में श्रेष्ठ योगदान देने वाले षिक्षकों को भी सम्मानित किया गया

बालसभाओं में राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के बारे में विद्यार्थियों को जहां जानकारियां दी गयी बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के साथ ही बालसभाओं में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बालसभा के राज्य स्तरीय आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया

इस प्लांट में कचरे से खाद बनाई जाएगी और नगर परिषद इस खाद को किसानों को बेचेगी

शहर में बाद में खाद बनाने के छोटे प्लांट भी लगाये जाएंगे

कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एसरविन्द्र भट्ट ने कहा कि राजस्थान को मध्यस्थता अभियान में काफी सफलता मिली है उन्होंने कहा कि अधिवक्ता को सामाजिक सरोकार में सहयोग करते हुए छोटे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना चाहिए इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद रफीक ने कहा कि मध्यस्थता के जरिये अदालतों से मुकदमों का भार कम किया जा सकता है

श्री गडकरी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से तीन युद्ध लडे लेकिन तीनों में पराजित होने के बाद उसके विरूद्व पॉक्सी युद्ध शुरू किया और आतंकवाद को बढावा दिया उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता है तो सिंधु जल संधि को मानने को बाध्य नहीं है

सवाईमाधोपुर के छाण कस्बे में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहंच गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि कस्बे में नमाज के वक्त डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ

नागौर के किशोर न्याय बोर्ड के बाल संप्रेषण गृह में कल एक बाल अपचारी द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले की जांच लाडनू के न्यायिक अधिकारी पवन बिश्नोई को दी गई है पाली जिले के लखोटिया तलाब के पास अवैध कुआं संचालन को लेकर की गई कार्यवाही के तहत अधिकारियों द्वारा सात टैंकर जब्त किए गए हैं